दो दिन के इस सत्र में देश के संविधान पर विशेष चर्चा होगी इस सत्र की शुरूआत में उप चुनाव में जीतकर आये मण्डावा से कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी और खींवसर से आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को शपथ दिलाई जाएगी विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कल विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें विभिन्न मुददों पर चर्चा की गई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड सहित अन्य दलों के नेता शामिल हुए

इनमें से आठ निकायों थानागाजी रूपवास निम्बाहेडा जैसलमेर बिसाऊ कैथ्रन माउन्ट आबू और सिरोही में निर्विरोध उपप्रमुख चुने गये नसीराबाद बालोतरा और कानोड में उप प्रमुख का चुनाव लड रहे दोनों प्रत्याशियों के वोट बराबर होने के कारण लॉटरी से चुने गये

उद्वव ठाकरे को एनसीपी कांग्रेस और शिव सेना गठबंधन ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है

वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा है कि अजीत पवार द्वारा उनकी सरकार को समर्थन दिये जाने के मुद्दे पर वे सही समय पर अपना बयान देंगे गौरतलब है कि बीस वर्षो बाद राज्य में शिवसेना का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक को राजनीतिक बदले की भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए

किसानों को बीमा कम्पनी से बीमा क्लेम के लिए चक्कर नहीं लगाने पडेगें

जयपुर में सुबह कोहरा छाया रहा और कई क्षेत्रों में अलसुबह ब्रंदा बांदी भी हुई